संसद का मानसून सत्र आज से शुरू लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव को किया स्वीकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को होगी बहस केदारनाथ और यमुनोत्री जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित

कांवड़ मेले को सक् ल संचालित करने के लिए पुलिस तैयारियों में जूटी मेला क्षेत्र में लगाए जांएगे सीसीटीवी कैमरे धनराशि आंवटन चमोली जिले के घाट क्षेत्र में बादल फटने से प्रभावित हुए लोगों को सहायता धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है

इन प्रभावित लोगों को खाद्यान और अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है उधर पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से प्रभावित हए लोगों के स्वास्थ्य आवास आदि के लिए जिला प्रशासन ने उचित प्रबंध किए हैं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगभग दो हजार लोगों का चिकित्सकीय शिविर लगाकर उपचार किया जा रहा है वहीं लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उददेश्य से इस क्षेत्र में प्रभावित पेयजल योजनाओं को भी अस्थाई रूप से सुचारू कर दिया गया है

सत्र के पहले दिन आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को बहस होगी वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी तरह कमजोर नहीं होने देगी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है संसद के बाहर आज श्री मोदी ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की आशा है और अधिवेशन ठीक ढंग से चलना चाहिए समीक्षा बैठक हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जिले के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग के लक्ष्यों के अन्तर्गत जिले में ग्राम स्वराज अभियान के तहत शत प्रतिशत टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि मानसुन के दौरान डेंगू के तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोधी अभियान चलाया जा रहा है बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत जिले के सभी गांवों में टीकाकरण अभियान चलाया जाना है जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि विभाग के पास डेंगू टेस्ट किट उपलब्ध हैं और इस वर्ष अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने नही आया है पेयजल सफाई अभियान अल्मोड़ा नगर क्षेत्र की अधिकांश आबादी वर्तमान में पेयजल के लिए नौलों पर निर्भर है

अभियान में नगर पालिका जल संस्थान और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे जिला अधिकारी ने लोगों से इस अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की है ताकि लोगों को पीने का श्रद्ध पानी मिल सके इसी दिन नगर पालिका के एक वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जायेगा रोक राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्रों सहित जंगलों में स्थित तालाबों और नदियों में कांटा फेंककर मछलियां पकड़ने पर रोक लगा दी गई है उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के आधार पर ये निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में जलजीवों सहित राज्य के समूचे प्राणी जगत को कानूनी और मानवीय दर्जा प्रदान किया है

ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट के सामने बार बार भूस्खलन से प्रभावित हो रहा है जबकि ऋषिकेश केदारनाथ राजमार्ग लीसा फैक्ट्री के पास अवरूद्व है बीआरओ के जवान इस मार्ग को खोलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इस स्थान पर मलबा हटाने वाली मशीनों से भी रास्ते को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं उधर टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग अमरूबैंड के सामने पहाड़ से गिर रहे बड़े पत्थरों के कारण अवरूद्व हो गया है

इस बीच यमुनोत्री क्षेत्र में राम मंदिर के पास भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए रास्ते की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से यमुनोत्री जाने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक रास्तों से लोगों की आवाजाही जारी है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है इसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

कावड़ बैठक कांवड मेले को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस तैयारियों में जुट गई है मेले के दौरान कोई अव्यवस्था पैदा न हो इसके लिए कांवड़ मेला क्षेत्र सहित शहर में विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएगे साथ ही ड्रोन कैमरों से भी क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी रुड़की कोतवाली में आयोजित बैठक में सीओ स्वप्न किशोर ने क्षेत्र के लोगों से कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सहयोग देने की अपील की है उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान अराजकता फैलाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी इसके लिए पुलिस की एक टीम अलग से काम करेगी पांडलिपि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय संस्कृति और इतिहास को संजोए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत भारतीय पांडुलिपियों को संरक्षित रखने के लिए नैनीताल में में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण के बाद देशभर से आए युवा अपने अपने राज्यों के पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों में पांडुलिपियों को संरक्षित रखने का काम करेंगे पांडुलिपि विशेषज्ञ अनूप शाह ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पांडुलिपियों को संरक्षित रखने का काम चल रहा है

पांडुलिपि भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा है भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न तरह के ग्रंथों की हस्तलिखित पांडलिपियां आज भी सुरक्षित हैं